पूरे राज्य में ग्यारह अस्थि कलश यात्रा निकाली जायेगी

प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हुई

और ईद उल अजहा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है

इस दौरान ग्यारह रथों पर कलश यात्रा निकाली जायेगी जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय केन्द्रीय मंत्री और राज्य के मंत्री सहित वरिष्ठ नेता शामिल होंगे इससे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नई दिल्ली से दिवंगत नेता की अस्थियां लेकर पटना पहुंचे इसके बाद पटना एयरपोर्ट से पार्टी के प्रदेश मुख्यालय तक अस्थि कलश यात्रा निकाली गयी खुली जीप में कड़ी सुरक्षा के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अलावा उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव अश्विनी कुमार चौबे राज्य के मंत्री नंदकिशोर यादव और पूर्व अध्यक्ष मंगल पांडेय अस्थि कलश लेकर पार्टी कार्यालय पहुंचे इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अस्थि कलश यात्रा में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार भाजपा अध्यक्ष नित्यानंद राय और पार्टी के अन्य प्रदेश अध्यक्षों को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में अस्थि कलश प्रदान किया बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल लालजी टंडन कल सुबह ग्यारह बजे शपथ ग्रहण करेंगे राजभवन में आयोजित समारोह में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह उन्हें पद की शपथ दिलायेंगे आज दोपहर बाद श्री टंडन के पटना पहुंचने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित राज्य के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया श्री टंडन भाजपा के वरिष्ठ नेता और जनसंघ के संस्थापक सदस्य रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वर्ष उन्नीस सौ पैंतीस में जन्मे श्री टंडन का लंबा संसदीय अनुभव रहा है वर्ष उन्नीस सौ अठहत्तर में वे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्य बने वे लोकसभा सदस्य और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं इधर निवर्तमान राज्यपाल सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर का गवर्नर नियुक्त होने के बाद श्रीनगर रवाना हो गये हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों से अपने परिसरों में जंक फूड यानि ज्यादा कैलोरी और कम पौष्टिकता वाले खाद्य पदार्थ बेचने पर पाबंदी लगाने का निर्देश देने को कहा है अपने पत्र में आयोग ने कहा है कि कॉलेजों में जंक फूड पर पाबंदी लगने से पौष्टिक आहार के नये मानदंड कायम होंगे जिससे विद्यार्थियों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और वे बेहतर तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और उन्हें मोटापे से भी छुटकारा मिलेगा इससे जीवन शैली संबंधी बीमारियां भी नहीं होंगी जो सीधे तौर पर मोटापे से जुड़ी हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह पत्र मानव संसाधन मंत्रालय के उस निर्देश के आधार पर जारी किया है जिसमें शिक्षा संस्थाओं के परिसर में जंक फूड की बिक्री पर रोक लगाने को कहा गया था देश भर में विकास के आकांक्षी जिलों के रूप में चिन्हित एक सौ सत्रह जिलों में मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना की जायेगी पहले चरण के तहत साठ जिलों में कॉलेजों की स्थापना का काम शुरू हो गया है कॉलेजों के निर्माण का पूरा पैसा केन्द्र सरकार देगी जबकि जमीन राज्य सरकार को उपलब्ध करानी है प्रदेश के तेरह जिलों को नीति आयोग ने विकास के आकांक्षी जिलों के रूप में चिन्हित किया है जहां इन कॉलेजों की स्थापना होनी है मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड की पटना उच्च न्यायालय में कल सुनवाई होगी इस कांड की जांच कर रही सीबीआई अब तक की प्रगति रिपोर्ट न्यायालय में पेश कर सकती है गौरतलब है कि पटना उच्च न्यायालय की निगरानी में इस मामले की जांच चल रही है इधर जांच अधिकारी सीबीआई के पुलिस अधीक्षक जेपी मिश्रा के तबादले पर प्रदेश में राजनीति गरमा गयी है कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि अचानक सीबीआई प्रलिस अधीक्षक का तबादला कई सवाल खड़े करता है वहीं भाजपा नेता और मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा है कि इस मामले में विपक्ष को राजनीति करने की जरूरत नहीं है यौन शोषण कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की सहयोगी मधु का कल सामने आये वीडियो क्लिप की सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है केन्द्रीय जांच एजेंसी इंटरनेट के आईपी एड्रेस के जरिये उस व्यक्ति का पता लगा रही है जिसमें इंटरनेट पर मधु का वीडियो जारी किया है इस कांड का खुलासा होने के बाद मधु फरार चल रही हैं पटना के राजीव नगर स्थित आश्रय गृह में दो महिलाओं की मौत और संस्था में गड़बड़ियों के मामले में संचालक मनीषा दयाल और उसके सहयोगी चिरंतन कुमार से फिर पूछताछ होगी पटना पुलिस ने दोनों आरोपियों को दो दिनों की रिमांड पर लिया है जांच में मनीषा की संस्था द्वारा सत्रह लाख रूपये की निकासी का मामला सामने आया है पुलिस इस संबंध में भी दोनों से पूछताछ करेगी पूरे राज्य में ईद उल अजहा बकरीद का त्योहार आज श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान समेत ईदगाहों और विभिन्न मस्जिदों में ईद उल अजहा की अदा की जाने वाली विशेष नमाज में बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने भाग लिया इस मौके पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये थे ईद उल अजहा का त्योहार हजरत इब्राहिम और उनके बेटे हजरत इस्माइल द्वारा खुदा के हुजूर में पेश की गयी अजीम कुर्बानी की याद में मनाया जाता है राज्यपाल सत्यपाल मलिक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी हैं और प्रेम तथा सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन कानून के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गयी है याचिका में उच्चतम न्यायालय के बीस मार्च के आदेश को फिर से लागू करने और नये कानून को असंवैधानिक और संविधान की भावनाओं के विपरीत घोषित करने की मांग की गयी है पूर्व मंत्री और राजद नेता तेज प्रताप यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला उजागर हुआ है वैशाली जिले के महुआ में विधानसभा क्षेत्र भ्रमण के दौरान एक युवक हथियार लेकर तेज प्रताप यादव से हाथ मिलाने उनके पास पहुंच गया पुलिस युवक को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गयी सबसे अधिक सत्रह सेंटीमीटर बारिश किशनगंज जिले के बहादुरगंज में रिकार्ड की गयी गया जहानाबाद सारण गोपालगंज सीवान नवादा पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में अधिकांश स्थानों पर आज हल्की बारिश हई मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मॉनसून की रेखा बिहार के नवादा और आसपास के राज्यों से होकर गुजर रही है राज्य के ऊपर एक साईक्लोनिक सर्क्लेशन बना हुआ है जिससे हल्की से मध्यम बारिश हो रही है बेगूसराय जिले में पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर तीन सौ अठाईस कार्टन विदेशी शराब जब्त किया है बरामद शराब की कीमत लगभग पैंतीस लाख रूपये बतायी जाती है वहीं समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना के मुक्तापुर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर एक पूर्व पंचायत समिति के घर से छह सौ पचास विदेशी बियर की बोतलें बरामद की हैं शेखपुरा जिला प्रशासन ने बकरीद में ड्यूटी पर तैनात तीन पुलिस कर्मियों को कार्य में लापरवाही बरतने के कारण निलंबित कर दिया है जबकि दो दंडाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र के झोलखेरिया गांव में भूमि विवाद को लेकर दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प में नौ लोग घायल हो गये जिसमें दो की स्थिति गंभीर बतायी जाती है मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र में आज अपराधियों ने लूटपाट के दौरान एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी इंटरमीडिएट कॉलेजों में नामांकन में हो रही परेशानियों के समाधान के लिये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक शिकायत निवारण पोर्टल बनाया है बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि इंटरमीडिएट शिक्षण संस्थानों के किसी भी शिकायत निवारण के लिए हेल्पलाइन नंबर के अलावा वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ओएफएसएसबिहार डॉट इन पर शिकायत दर्ज करायी जा सकती है संस्थानों के लिए पहले से ही हेल्पलाइन नंबर शून्य छह एक दो दो दो तीन शून्य शून्य शून्य नौ कार्यरत है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पंजीकरण तिथि और संभावित परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिए हैं इनमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी नेट संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन एक और जेईई मेन दो शामिल है इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट स्नातक सामान्य प्रबंधन प्रवेश परीक्षा सी मैट और स्नातक फार्मेसी योग्यता परीक्षा जी पैट का भी परीक्षा कैलेंडर घोषित कर दिया गया है जेईई मेन परीक्षा वर्ष में दो बार जबकि नीट एक बार आयोजित होगी ये परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी केवल नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा ऑनलाइन नहीं होगी

पूरे राज्य में ग्यारह अस्थि कलश यात्रा निकाली जायेगी

प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हुई

और ईद उल अजहा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है